मुजफ्फरपुर में संदिग्ध दिमागी बुखार का प्रकोप एक बार फिर फैला

और बिहटा सरमेरा फोर लेन सड़क के विवादित हिस्से में निर्माण कार्य शुरू

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विचार में कोई स्थान नहीं है नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र को हिंसा द्वारा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे भारत उनके खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखेगा गृहमंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है और सरकार इसे जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश के लगभग तैंतीस हजार होमगार्ड जवानों को सितम्बर महीने से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा मिलने लगेगा इसके तहत जवानों को पीएफ मासिक पेंशन और बीमा के तहत छह लाख रूपये की राशि मिलेगी होमगार्ड और ईपीएफओ के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी इसके तहत जवानों के वेतन से बारह प्रतिशत राशि ली जायेगी जबकि इतनी ही राशि सरकार अपनी ओर से जमा करेगी मुजफ्फरपुर में संदिग्ध दिमागी बुखार इंसेफ्लाईटिस का प्रकोप एक बार फिर फैलने लगा है पिछले चौबीस घंटों के अंदर बीमारी से तीन बच्चों की मौत हो गयी है इसमें दो की मौत एसकेएमसीएच में जबकि एक की मौत मोतीपूर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हुई तीन अन्य बच्चों का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है अगस्त महीने में अब तक छह बच्चों की संदिग्ध दिमागी बुखार से मौत हो चुकी है केन्द्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम समय सीमा तीन महीने बढ़ा और दी है अब व्यापारी तीस नवम्बर तक रिटर्न भर सकेंगे पहले यह समय सीमा इकतीस अगस्त तक निर्धारित थी जनऔषधि केन्द्रों पर सेनेटरी नैपकिन अब मात्र एक रूपये में मिलेगा नई दर आज से प्रभावी हो गयी है पहले एक सेनेटरी नैपकिन की कीमत चार रूपये थी सारण जिले के मढ़ौरा में एक दारोगा और एक पुलिसकर्मी की हुई हत्या के मामले में पुलिस फरार चल रहे चार आरोपितों के घर की कुर्की जब्ती करेगी इस संबंध में पुलिस को अदालत से आदेश मिल गया है इस मामले में कल पुलिस ने नामजद आरोपित मीना अरूण को गिरफ्तार किया था जबकि एक अन्य आरोपित ने छपरा स्थित एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था गया जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मानपुर के पठान टोली से संदिग्ध आतंकी तौफीक रजा उर्फ एजाज अहमद को आज कोलकाता स्थित एक अदालत में पेश किया जायेगा कल गया की एक अदालत ने संदिग्ध आतंकी को कोलकाता एटीएस की ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया था ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य को पद से हटाने के पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को विधि विभाग से मंजूरी मिल गयी है अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा विभागीय सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधानमंडल से पारित कराकर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जायेगा इसके बाद किसी भी तरह की गड़बड़ी नियमानुसार कार्य नहीं करने या वित्तीय अनियमितता बरतने पर वार्ड सदस्यों को हटाया जा सकेगा पटना जिले के छियालीस किलोमीटर से अधिक लम्बे बिहटा सरमेरा फोन लेन के विवादित हिस्से पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है सड़क निर्माण के लिए गोनावां गांव की पांच सौ तीस मीटर लम्बाई जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है इस जमीन के अधिग्रहण का काम पूरा नहीं होने के कारण पिछले कुछ दिनों से निर्माण कार्य बाधित था प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने कहा कि निर्माण कार्य में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने बताया कि विधि व्यवस्था की किसी भी समस्या के निपटने के लिए दंडाधिकारियों के नेतृत्व में दो सौ से अधिक पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति की गयी है दरभंगा जिले के घनश्यामपुर गांव निवासी पंद्रह वर्षीय छात्र प्रभाकर प्रदीप मिश्र ने अमेरिका के सैनडिएगो में संपन्न ग्लोबल यूथ लीडरशिप समिट में भारत का नाम रौशन किया है और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता बाईट मिथिला की भूमि ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है

आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा बिहार से इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बांका के कुल्हरिया स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमीनपुर के प्रधानाध्यापक पप्पू हरिजन का चयन हुआ है बिहार से इस बार केवल एक ही शिक्षक का चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर पप्पू हरिजन को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुरस्कार प्रदान करेंगे

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि छब्बीस सितम्बर तक निर्धारित है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दो सितम्बर तक बढ़ा दी है पहले ये तारीख चौबीस अगस्त तक निर्धारित थी दरभंगा जिले की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण करने के मामले में पॉक्सो अधिनियम के तहत दो दोषियों को सात सात वर्ष कारावास के साथ बीस बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई इसके अलावा अदालन ने सरकार को पीड़िता को मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया है वहीं बेगूसराय जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपितों को सात सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है जहानाबाद जिले के पाली थाना क्षेत्र के रामपूर बारा गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी पूर्वी चम्पारण जिले के रक्सौल स्थित भारत नेपाल सीमा से आव्रजन विभाग के अधिकारियों ने बेला रूस के एक नागरिक को बिना वीजा पासपोर्ट के गिरफ्तार किया है गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र से एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात नक्सली विदेशी शर्मा को गिफ्तार किया गया है सहरसा सदर थाना के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यक्ति से साढ़े चार लाख रूपये लूट लिये गोपालगंज जिले के बैक्रंठपुर थाना के हाजत से पेशी के लिए कोर्ट ले जाये जाने के दौरान एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया कैमूर जिले के मोहनिया से पूलिस ने नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले एक निजी कम्पनी के छह कर्मी को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने फ्रांस में जी सेवन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अखबार लिखता है अमरीका ने कश्मीर को द्विपक्षीय मसला माना दैनिक जागरण ने वामपंथ उग्रवादी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य की प्राथमिकताओं को उठाये जाने से जुड़े खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई कोर्ट ने चिदम्बरम का रिमांड चार दिन और बढ़ाया प्रभात खबर लिखता है भ्रष्टाचार मामले में और बाईस टैक्स अफसर हटाये गये राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सरकार को एक दशमलव सात छह लाख करोड़ देगा आरबीआई आज लिखता है यूनिवर्सिटी कॉलेज के शिक्षकों की पेंशन बढ़ी

मुजफ्फरपुर में संदिग्ध दिमागी बुखार का प्रकोप एक बार फिर फैला

और बिहटा सरमेरा फोर लेन सड़क के विवादित हिस्से में निर्माण कार्य शुरू